कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी

सीएम अल्मोडा म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मरचूला क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा की है अल्मोड़ा दौरे पर पहंचे म्ख्यमंत्री ने सल्ट विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक स्रेन्द्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि दी उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जीना ने मरचूला पर्यटन की मांग की थी जिसको देखते हए और मरचुला को एडवेंचर मीट से जोड़ा जायेगा उन्होंने राजकीय स्नाकोत्तर मालिना का नाम स्वर्गीय जीना के नाम पर करने की घोषणा की है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस दौरान पत्रकारों से बातीचत में उन्होने कहा कि राज्य सरकार का फोकस विकास कार्यों पर है उन्होंने सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संपत्ति पर अधिकार देने का काम करेगी पहाड़ में जल्द महिलाओं को पति की भूमि पर अधिकार मिलेगा

जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हए प्रभारी मंत्री ने कृषि उदयान उद्योग पश्पालन मत्स्य डेरी पर्यटन आदि विभागों के साथ ही म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभान्वितों के बारे में जानकारी ली और म्ख्य विकास अधिकारी को लाभार्थियों की विभागवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए बोर्ड परीक्षा तैयारी राज्य में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने तैयारियों को अंतिम रूप देना श्रू कर दिया है

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की सचिव डॉ नीता तिवारी ने आज प्रदेश के म्ख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें बोर्ड परीक्षाओं को अंतिम रूप दिया गया

परिषद के अन्सार इस वर्ष सबसे अधिक परीक्षार्थी हरिदवार जिले से और सबसे कम परीक्षार्थी चंपावत जिले से हैं

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे

साइकिल अभियान म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सीएम आवास से प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान का फ्लैग ऑफ किया

म्ख्यमंत्री ने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रृति रावत और बिहार राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही सबिता मेहतो को श्भकामनाएं दी म्ख्यमंत्री ने इस अभियान के लिए श्र्ति रावत को डेढ़ लाख रुपये का चेक भी प्रदान किया अधिग्रहण मक्त बागेश्वर तहसील क्षेत्र के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर कोविड केयर सेंटर के रूप में अधिस्चित अधिकृत होटल रिसोर्ट आवास गृह आदि को अधिग्रहण से म्क्त कर दिया गया है

उनके आदेश पर अब उन्हें इससे म्क्त कर दिया गया है उन्होंने बताया कि यहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उनके दायित्वों से अवम्क्त कर दिया गया है उन्होंने नोडल अधिकारी संस्थागत क्वारंटाइन जिला विकास अधिकारी बाल विकास को अपने अपने दायित्वों के अभिलेख सौंपने के निर्देश दिए हैं

इस बीच देहरादून जिले के विभिन्न स्थानों पर आज आर टी पी सी आर और एंटीजन टेस्ट किये गये

तेलंगाना स्थित यदाद्रि परियोजना के लिए स्वदेश में निर्मित उच्च क्षमता वाले इस जेनरेटर की आज आपूर्ति की गई तेलंगाना स्टेट पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के परियोजना निदेशक एम सच्चिदानंदम और बीएचईएल हरिदवार के कार्यपालक निदेशक संजय गुलाटी ने जेनरेटर को रवाना किया इस अवसर पर बीएचईएल हरिदवार के कार्यपालक निदेशक ने कहा कि यह यह देश का सबसे बड़ा टर्बो जेनरेटर है

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की राशन कार्ड की समस्याओं को देखते हए राशन कार्ड यूनिटों का ऑनलाइन प्रमाणीकरण कार्य और विभागीय योजनाओं की जानकारी के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है रोस्टर के अनुसार न्याय पंचायतों में सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम्य विकास अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी